केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सुविघाओं पर होने वाले खर्च में और बढ़ोत्तरी किये जाने की जरूरत पर दिया बल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के प्रस्तावित महागठबंधन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह गठबंधन अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाये रखने के लिए किया जा रहा है उत्तरी और मध्य चेन्इ मदुरई तिरूचिरापल्ली और तिरूवल्लुर के भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महागठबंधन अमीर घरानों का गठबंधन होगा और इसका उद्देश्य परिवार राज को स्थापित करना ही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराये गये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ के स्मृति उपदन में आयोजित दो दिवसीय यूवा कृष को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का अनुकूल वातावरण बनाया गया है जिसके कारण प्रदेश में निवेश की संभावनाए बढ़ी है प्रयागराज में होने वाले कुम्म को लेकर श्री योगी ने कहा कि भारत की आजादी के बाद यह पहला कुंग होगा जिसमें श्रद्दालुओं को गंगा का शुद्द जल प्राप्त होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कुम्म में पहली बार श्रद्वालु अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे युवा कुंग समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल रामनाईक ने कहा कि प्रयागराज में इस बार का कुंम ऐतिहासिक होगा उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने की सलाह दी राजधानी लखनऊ में परसों से शुरू हुए दो दिवसीय युवा कुंम में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया युवा कृम्भ के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौजवान ही देश को विश्व गुरू बना सकते है उन्होंने कहा कि विश्व गुरू बनने के लिए ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता है गृह मंत्री ने युवाओं से देश के विकास के लिए समर्पित होकर काम करने का आग्रह किया इस अवसर पर बोलते हुए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि युवा कुम्भ इस बात का संकेत देता है कि हमारे युवा देश के लिए समर्पित है प्रदेश में अगले वर्ष आयोजित होने वाले क्म्म दो हजार उन्नीस से पहले विचार कृमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में इससे पहले महिला कुम्म का आयोजन वृन्दावन में किया जा चुका है भाजपा अध्यक्ष अभित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी पार्टी दो हजार उन्नीस का आम चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीतेगी कल नई दिल्ली में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि इंस चुनाव में वंशवाद जातिवाद और तुष्टिकरण की नीति के आधार पर राजनीति करने वालों की विदाई हो जायेगी श्री शाह ने यह भी कहा कि कई घोटालों में शामिल कांग्रेस आज एनडीए सरकार की विश्वनीयता पर सवाल खड़े कर रही है उन्होंने जानना चाहा कि कांग्रेस उन्नीस सौ चौरासी में सिखों के खिलाफ हुए दंगों के दोषियों को सजा क्यों नहीं दिला सकी उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ऐसे लोगों का बचाव कर रही है भारत ने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकने वाली परमाणु सक्षम बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि चार का सफल परीक्षण किया इसकी मारक क्षमता चार हजार किलोमीटर तक है जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस आईसीबीएमअग्नि चार का परीक्षण कल सुबह साढ़े आठ बजे ओडीसा तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया अग्नि चार मिसाइल आधुनिक उपकरणों और तकनीक से लैस है तथा इसमें पांचवी पीढ़ी का कम्यूटर लगा है इसे उढ़ान के दौरान भी निर्देशित कर इसका रास्ता बदला जा सकता है इससे पहले अग्नि प्रथम द्वितीय और तृतीय तथा पृथ्वी जैसी बैलेस्टिक मिसाइलें सशस्त्र सेनाओं को सौंपी जा चुकी हैं केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च में और बढ़ोत्तरी किये जाने की ज़रूरत है वे कल लखनऊ में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक सौ चौदहयें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल सकल घरेलू उत्पादन का केवल एक दशमलव छः एक प्रतिशत ही व्यय होता है इसे दो दशमलव पांव प्रतिशत तक किया जायेगा उन्होंने कहा कि स्नात्कोत्तर विकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए चार हजार सीटें बढ़ा दी गयी हैं

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ समस्याएं और चुनौतियां हैं लेकिन सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुक्वियाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है श्री सिंह ने कहा कि विकित्सा व्यवसाय एक पूजा के समान है और इससे जुड़े विद्यार्थियों को मेहनत और अपने विवेक के साथ अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए

आकाशवाणी के साथ विशेष मेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि गारत के लिए यह गर्व की बात है कि यूनेस्को ने कृम्भ मेले को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है भारत की पहचान भारत की घनी संस्कृति और हेरिटेज है आज विश्य कौतूहल भरी नजरों से देख रहा है उसी हमारी संस्कृति की एक पहचान कुंच ये भारत के लिए गर्व की बात है कि इस साल यूनेस्को ने कुंम को मान्यता दी है प्रदेश भर में कल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक सौ सोलहवीं जयन्ती किसान सम्मान दिवस के रूप में मनायी गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह विघानमवन में उनकी प्रतिमा पर मार्ल्यापण कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की किसान सम्मान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित समारोह में कल प्रदेश भर के तैतीस किसानों को सम्मानित किया गया राज्यपाल रामनाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित करने वाले दस किसानों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक एक लाख रूपये का चेक प्रदान किया जबकि ग्यारह किसानों को द्वितीय पुरस्कार और नौ किसानों को तृतीय पुरस्कार से कृषि मंत्री ने सम्मानित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौदेरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे उन्होंने किसानों को आत्मनिर्मर बनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के उत्थान के लिए कई योजनायें बनायी हैं जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है वहीं राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में तेजी से कार्य भी हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों के मद्देनजर सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कानून व्यवस्था चुस्त दुरूस्त रखने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग के जरिये सभी जिलों के जिलाधिकारियों पुलिस अपीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अवीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा अधिकारियों से कहा कि गिरजाघरों के नजदीक सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए समूवा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल का दिन पिछले बारह वर्षो में सबसे ठंडा रहा और तापमान गिरकर तीन दशमलव सात डिग्री सेलसियस तक पहुंच गया आकाशवाणी से बातचीत करते हुए मौसम वैज्ञानिक चरण सिंह ने कहा है कि तापमान में एक से दो डिग्री का इजाफा होने की उम्मीद है पंजाब हरियाणा और यूपी के नॉर्दन पार्टस में अगले दो दिन में एक दो स्थानों पर घना कोहरा रहने की उम्मीद है मुजफ्फरनगर कल भी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तापमान गिरकर शून्य डिग्री सल्सियस पहुंच गया